कल हरारे में भारत जिम्बाबे व्यापार मंच में उन्होंने दोनों देशों के उद्योग जगत से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग परस्पर हित में करने का आग्रह किया उन्होंने खनन कृषि रक्षा निर्माण और पर्यटन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया बैठक में दोनों देशों के बीच छह व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये श्री नायडू आज हरारे में भारतीय उच्चायोग कार्यालय भवन के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल दिया है आज नई दिल्ली में उद्यमशीलता और कारोबार विकास पर दो दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि देश में आयुर्वेद की बीस लाख दवायें उपलब्ध हैं श्री नाइक ने कहा कि इस संगोप्ठी का आयोजन युवा उद्यमियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद अवसरों के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया है केवल एक औषधि के ऊपर संराधन करके भी एक व्यक्ति अच्छा उद्योजक बन सकता है

टेली मेडिसिन मोबाइल एप या डिजिटल मार्केटिंग इस प्रकार के अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे हम आयुवेदा को नई दृष्टि से पेश कर सकते हैं और प्रचार प्रसार इसका अच्छी तरह कर सकते हैं नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने आयूर्वेद औषधि निर्माताओं से इनकी शुद्वता बनाये रखने का आग्रह किया आयुर्वेद में उद्यमिता और व्यापार विकास पर दो दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी आज नई दिल्ली में शुरू हुई इससे भागीदार पक्षों को व्यापार अवसरों की जानकारी देने युवा उद्यमियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने और वैशिक स्तर पर अवसरों की पहचान में मदद मिलेगी देशभर से लगभग आठ सौ प्रतिभागियों के संगोष्ठी में भाग लेने की आशा है केंद्रीय महिला एवम् बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है की महिलाओं के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं महिला उद्वमियो को मुद्रा योजना से व्यापार के लिए आसान से कर्ज मिलने के बारे में बताते हुए श्रीमती गांधी ने कहा की अब मोदी सरकार ने सिर्फ उन्सठ मिनट में कारोबारियों को एक करोड़ तक का ऋण देना शुरू किया है जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है श्रीमती गांधी पीलीमीत में इस बात की जानकारी दी उन्होंने कई गायों का दौरा करके जनता की समस्याएं सुनीं और अफसरों को निराकरण के निर्देश दिए

अधिसूचना के अनुसार अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अठहत्तर रुपये अठहत्तर पैसे प्रतिलीटर होगी जबकि एक लीटर डीजल तिहत्तर रुपये छत्तीस पैसे का मिलेगा मुम्बई में पेट्रोल बयासी रुपये अट्ठाईस पैसे और डीजल छिहत्तर रुपये अट्ठासी पैसे प्रति लीटर उपलब्ध होगा पिछले अट्ठारह दिनों में पेट्रोल की कीमत में चार रुपये पांच पैसे और डीजल की कीमत में दो रुपये तैंतीस पैसे प्रति लीटर की कटौती की जा चुकी है तेल विपणन कम्पनियों और जन सेवा केन्द्रों ने लोगों को रसोई गैस की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया अब जन सेवा केन्द्रों पर रसोई गैस सिलेन्डर रीफिलिंग नए कनेक्शनों के लिए बुकिंग और सिलेन्डरों के वितरण जैसी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि यह समझौता दूरदराज के इलाकों में रहने वालों को रसोई गैस संबंधी सेवाए देने में एक ऐतिहासिक कदम है

चौसठ हजार से अधिक पदों के लिए दूसरे चरण की परीक्षा बारह से चौदह दिसंबर के बीच होगी जौनपुर जिले के मडियाहू कोतवाली क्षेत्र में आज तालाब में डूबने से चार बालिकाओं की मृत्यू हो गई पुलिस के अनुसार जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के विजयगिरी गांव निवासी पूजा अपने ननिहाल राजापुर नंबर प्रथम गांव आई थी इसी गांव के निवासी तीन बालिकाओं के साथ चारों आज दोपहर में बगल के गांव मैनपुर स्थित तालाब में नहाने पहुंच गई तालाब में पैर फिसलने से एक लड़की डूबने लगी जिसे बचाने के चक्कर में तीनों आगे बढ़ी किंतु गहराई में जाने की वजह से डूब चारो लड़किया डूब गई